कोरोना लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगामी इक्कीस जुलाई के बाद लॉकडाउन किया जाएगा हालांकि लॉकडाउन पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं होगा बल्कि जहां कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं वहीं लॉकडाउन किया जाएगा यह फैसला आज रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया बैठक में सभी वरिष्ठ मंत्री शामिल थे बैठक में लॉकडाउन कितने दिनों का होगा इसका अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है वे अपने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए निर्णय लेंगे गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पांच हजार से अधिक हो गई है वहीं राजधानी रायपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या एक हजार को पार कर गई है उधर महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड में दो कोरोना पॉजीटिव मरीज मिलने के बाद पिथौरा नगर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है एसडीएम बीएस मरकाम ने बताया कि यह लॉकडाउन आगामी इक्कीस जुलाई तक जारी रहेगा इस दौरान लोगों को अपने घरों में ही रहना होगा अनावश्यक बाहर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि केवल दूध दवाई जैसी आवश्यक चीजों की दुकानों की छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी

जारी निर्देश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना वसूला जाएगा इसके तहत सार्वजनिक स्थलों में मास्क फेस कवर नहीं पहनने वालों और सार्वजनिक स्थलों पर थ्रकते पाए जाने पर सौ सौ रूपये का जुर्माना वसूला जाएगा इसी तरह दुकानों व्यावसाायिक संस्थानों के मालिका द्वारा सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने पर दो सौ रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा इसके अलावा होम क्वारेंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर एक हजार रूपये का जुर्माना लिया जाएगा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जुर्माना वसूलने की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही की जा सकेगी जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी कोरोना मरीज प्रदेश में आज अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित सौ से अधिक नये मरीजों की पुष्टि हुई है इनमें से बस्तर संभाग से ही बयानवे मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग जिले में ग्यारह मरीजों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक कांकेर से सबसे अधिक छब्बीस मरीज सामने आये हैं इनमें बीएसएफ के उन्नीस और एसएसबी के तीन जवान शामिल हैं वहीं दुर्गकोंदल और भानुप्रतापपुर से भी दो दो कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं वहीं बीजापुर जिले से सत्रह कोरोना पॉजीटिव मरीजों की पहचान हुई है जिनमें केंद्रीय सुरक्षा बल के दस और सीएएफ का एक जवान शामिल हैं इसके अलावा बस्तर से दस सुकमा से चार कोंडागांव से तीन दंतेवाड़ा से दो और नारायणपुर जिले से एक मरीज मिला है बस्तर जिले में आज मिले दस कोरोना पॉजीटिव मरीजों में तीन भानपुरी थाना में पदस्थ पुलिसकर्मी हैं पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि जवानों में कोरोना पॉजीटिव की पुष्टि होने के बाद भानुपरी थाने को सील कर दिया गया है अब भानपुरी थाना का संचालन बस्तर थाना से किया जाएगा उधर दुर्ग जिले में आज दोपहर तक ग्यारह नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है जिनमें से आठ बीएसएफ के जवान शामिल हैं वहीं नेवई बस्ती से एक ही परिवार के तीन सदस्य कोरोना पॉजीटिव मिले हैं सभी मरीजों को जिला कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है इससे पहले कल देर रात तक प्रदेश में दो सौ बयालीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी

जो लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं उनमें से अस्सी प्रतिशत से अधिक अंतर्राज्यीय यात्रा और तीन प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले व्यक्ति शामिल हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कोरोना नियंत्रण की दिशा में कार्य कर रही है आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिससे मरीजों की संख्या में वृद्धि होना स्वाभाविक है उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब भी मृत्युदर अनेक राज्यों से बहुत कम है उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं और इस आपदा से निपटने दिन रात प्रयास कर रहे हैं केन्द्र कोरोना सलाह केन्द्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोरोना संक्रमण के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नये नियमों का पालन करें ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय जो न्यू नार्मल हैंड सेनेटाइजर का प्रयोग और चेहरों को न छुए जाने जैसी सावधानियां शामिल हैं

प्रत्येक व्यक्ति को अपना थैला ले जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसका संपर्क सतह से कम हो वहीं मोबाइल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके लोगों को जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदना चाहिए न कि उनका भंडारण करना चाहिए दुकानों पर हमेशा लोगों को सामाजिक दूरी का ध्यान रखना चाहिए और भुगतान करने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो प्रवासी श्रमिक रोजगार कैम्प लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में रोजगार कैम्प आयोजित किए जाएंगे श्रमिकों के कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य कोशल विकास प्राधिकरण और राज्य परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जिलों में प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार कैम्पों के आयोजन और प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसी कड़ी में दुर्ग जिले में विकासखंड स्तर पर बाईस से चौबीस जुलाई तक रोजगार कैम्प का आयोजन किया जाएगा इसके तहत विकासखंड दुर्ग में आगामी बाईस जुलाई को धमधा में तेईस जुलाई को और पाटन विकासखंड में चौबीस जुलाई को रोजगार कैम्प लगेगा इसके माध्यम से जिले के विभिन्न स्थानीय उद्योगों फर्मों और संस्थानों में उपलब्ध कृशल और अकृशल श्रेणी के लगभग छह सौ सड़सठ रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी

आईआईटी के संयुक्त प्रवेश बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थी आईआईटी में दाखिले के पात्र होंगे चाहे उन्हें कितने भी अंक मिले हों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कई बोर्डो की बारहवीं की परीक्षा आंशिक रुप से रद्द किए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है निर्वाचन आयोग सुझाव निर्वाचन आयोग ने देश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों से चुनाव और जनसभाओं के बारे में राय मांगी है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि इस महीने के अंत तक अपने विचार और सुझाव भेज दें अपने पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव और क्छ राज्यों में उप चुनाव होने हैं कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति में कोविड संक्रमण की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून दो हजार पांच के तहत अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं गौठान राशि मंजूर राज्य सरकार ने सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठानों में पशुधन के रखरखाव की व्यवस्था और गौठानों के सुव्यस्थित संचालन के लिए दस करोड़ रूपये से अधिक की राशि मंजूर की है वित्त विभाग ने यह राशि पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय प्रशासन विभाग को जारी कर दी है राज्य के पच्चीस सौ से अधिक गौठानों को चालीस चालीस हजार रूपये के मान से यह राशि स्वीकृत की गई है जिसमें से तेईस सौ गौठान ग्रामीण इलाके में तथा दो सौ से अधिक गौठान नगरीय क्षेत्रों में है मनरेगा वाटर हार्वेस्टिंग रेनवाटर हार्वेस्टिंग के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सरकारी या पंचायत भवनों की छत पर आवश्यक संरचनाओं का निर्माण किया जा सकेगा केंद्र सरकार द्वारा इसे मनरेगा के तहत किए जा सकने वाले कार्यो में शामिल करने के बाद राज्य सरकार ने सरकारी भवनों में रूप टॉप वाटर हार्वेस्टिंग के निर्देश दिए हैं इस संबंध में सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया गया है परिपत्र में कहा गया है कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ड्रिलिंग या नवीन रिचार्ज शॉफ्ट खनन का कार्य मनरेगा के तहत नहीं कराया जा सकता लेकिन छत से बारिश का पानी फिल्टर मीडिया के द्वारा रिचार्ज स्ट्रक्चर जैसे रिचार्ज शॉफ्ट ट्रेंच डगवेल परित्यक्त ट्यूबवेल हैंडपंप आदि में डायवर्ट करने के लिए जरूरी संरचनाओं का निर्माण कराया जा सकता है इंद्रावती भवन प्रवेश कोरोना संक्रमण के मद्देनजर महानदी मंत्रालय भवन की तरह इंद्रावती भवन में भी बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र में कहा गया है कि इंद्रावती भवन में केवल विभागाध्यक्ष की अनुमति से ही उन्हीं कार्यालय में बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे जिस कार्यालय के लिए उन्हें अनुमति दी गई है बाहरी व्यक्तियों का बिना अनुमति किसी भी कार्यालय में प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा जारी परिपत्र में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं

इस मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है राज्यपाल ने कहा है कि डॉक्टर बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्नदृष्टा थे उनका पूरा जीवन समाज और कृषकों के कल्याण के लिए समर्पित था वहीं मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बघेल के योगदान को याद करते हुए कहा है कि वे जीवन के अंतिम समय तक कई रचनात्मक और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे डॉक्टर बघेल की छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में निर्णायक भूमिका रही है खरीफ फसल गिरदावरी प्रदेश में खरीफ फसलों की गिरदावरी आगामी एक अगस्त से बीस सितंबर तक की जाएगी इसके बाद ग्रामवार फसल क्षेत्राच्छादन का प्रारंभिक प्रकाशन इक्कीस सितंबर तक किया जाएगा राज्य के सभी गांवों में किसानवार फसल क्षेत्राच्छादन का प्रकाशन कर दावा आपत्ति अट्ठाईस सितंबर तक प्राप्त की जाएगी प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण कर खसरा पांचसाला और भुईया सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि में चौदह अक्टूबर तक संशोधन किया जाएगा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गिरदावरी के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कलेक्टरों को गिरदावरी के कार्य को पूरी सतर्कता और पारदर्शिता के साथ पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं माओवादी मुठभेड़ राजनांदगांव जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि औंधी थाना क्षेत्र के ग्राम बोगाटोला निडेली डोडके के जंगल में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर जिला पुलिस बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम रवाना की गई थी इस दौरान जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की फिलहाल इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है

उनके पास से पंद्रह मोटरसाइकिल बरामद की गई है वहीं रायगढ़ जिले में तमनार और सारंगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह से चौंतीस दोपहिया वाहन जब्त किया है